सुको प्रद्षण अंक्श उच्चतम न्यायालय ने बढ़ते प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए कहा है कि वह राज्य सरकारों का दायित्व तय करेगा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदृषण पर अंकृश लगाने में नाकाम रहने के लिए अधिकारियों को फटकार लगाते हुए न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक ग्रुप्ता की पीठ ने कहा कि प्रद्षण के कारण लोग अपना कीमती जीवन गवां रहे हैं इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा पीठ ने कहा कि न्यायालय राज्य सरकारों पर इसका दायित्व तय करेगा शीर्ष अदालत ने पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाने को भी गंभीर बताते हए कहा कि हर साल ऐसा नहीं चल सकता गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रद्षण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है पर्यावरण केन्द्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि एनडीए सरकार उद्योगों को आजादी देने को तैयार है बशर्ते वे इसका जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करें

उन्होंने कहा कि प्रदृषण पर काबु पाने के लिए लोगों को भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए जावड़ेकर ने संगोष्ठी में मौजूद लोगों और सभी हितधारकों से इस दिशा में ठोस प्रयास करने को कहा श्री जावड़ेकर ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की है कि इस दीपावली में आतिशबाजी में काफी कमी आई है हर्षवर्द्वन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रदषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए गाजर और एंटीऑक्सीडेंट वाले खाद्य पदार्थो के सेवन का सुझाव दिया है प्रदृषण से संबंधित समस्याओं से निपटने के तरीकों का सुझाव देते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विभिन्न प्रदषक तत्वों से मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है सोशल मीडिया पर अपने लेख में लिखा कि गाजर खाने से शरीर को विटामिन ए पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो भारत में रतौंधी से बचाव में मदद करते हैं मुख्य न्यायाधीश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल ने आज जबलपुर में पदभार ग्रहण किया

अपने संबोधन में न्यायमूर्ति मित्तल ने न्यायविदों को भरोसा दिलाया कि पक्षकारों और शासन के सभी लॉ ऑफिसरो के साथ मिलकर न्यायिक क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए जाएंगे

कथित रूप से भ्रष्टाचार और रिष्वत का आरोप झेलने वाले पटवारियों की छवि सुधारने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है

निवाड़ी से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिले में भी कांग्रेस ने प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा शाजापुर में आयोजित धरने में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए छतरपुर उमरिया धार गुना सीहोर सागरखरगौन राजगढ़ रायसेन जबलपुर और आगरमालवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केन्द्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा भाजपा आक्रोश आंदोलन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए प्रदेशभर में किसान आक्रोश आंदोलन किया भोपाल में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव किसान आंदोलन में शामिल हए उधर जबलपुर में पार्टी सांसद नंदकमार सिंह चौहान की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्जमाफी का वादा किया था लेकिन वो पुरा नहीं हआ उधर सतना में सांसद गणेश सिंह ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि अतिवृष्टि से हए नुकसान का मुआवजा किसानों को नहीं मिला है

आगरमालवा सागर रायसेनधार पन्ना सीहोर उमरिया शाजापुर देवास नीमच अशोकनगर छतरपुरखण्डवा होशंगाबाद डिण्डौरी और शिवपुरी में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा